प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे गांधी जी की प्रदेश यात्राओं पर केन्द्रित हमारी विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा में आज आप सुनेंगे बापू की बुरहानपुर यात्रा पर आधारित संस्मरण रूप चतुर्दशी का त्यौहार आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सरकार गठन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर को आज चंडीगढ़ में पार्टी के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया श्री खटटर रविवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वे हरियाणा के दुसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं श्री खटटर ने जन नायक जनता पार्टी और छह निर्दलीय विधायकों के समर्थन पत्र देकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद श्री खट्टर ने कहा रविवार को मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निश्चित है नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के बीच समझौता हआ है समझौते के अंतर्गत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा जबकि जेजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा उधर महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे ने नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों की आज मुम्बई में बांद्रा स्थित अपने निवास मातोश्री में बैठक बुलाई है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दीपावली के बाद सरकार गठन पर चर्चा कर सकते हैं सत्याग्रह खंडवा जिले में आंकारेश्वर बांध के प्रभावितों का जल सत्याग्रह आज दूसरे दिन भी जारी रहा बांध में पानी का स्तर कम करने की मांग को लेकर ड्रब प्रभावित ग्राम कामनखेड़ा में नर्मदा बचाव आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ ड्रब प्रभावितों ने कल से जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है

अध्यापकों को यह बढा हुआ वेतन अक्ट्बर के वेतन से ही लागू कर दिया गया है राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सातवां वेतनमान देने की घोषणा की इससे अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का फायदा होगा हत्या आग पन्ना जिले के सिमरिया में कल शाम दो गुटों के विवाद में एक व्यक्ति की जीप चढ़ाकर हत्या कर दी गई इस घटना के बाद आज मृतक के समर्थकों ने कुछ द्वकानों को आग के हवाले कर दिया घटना को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि हत्या के सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिमरिया में स्थिति नियन्त्रण में है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनल से भी लाइव प्रसारित होगा

अच्छी खबरमें आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है इस बार अच्छी खबर में कल आप जानेंगे नरसिंहपुर जिले के केन्द्रीय जेल के बंदियों द्वारा बनाये गये दीपकों पर विशेष रिपोर्ट

आज सुनिए बापू के बुरहानपुर प्रवास के संस्मरण पर पुनः प्रसारण

आज रूप चौदस और छोटी दीपावली पर लोगों का उत्साह देखा जा रहा है राजधानी भोपाल के सभी प्रमुख बाजारों में रौनक है वहीं पटाखा मार्केट में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं उधर हमारे आगरमालवा जिला संवाददाता ने बताया कि बाजारों में रौनक बनी हुई है रूप चौदस पर अधिकांश लोगों ने सूर्य उदय से पहले स्नान आदि कर मंदिरों में जाकर दर्शन किये शिवपूरी जिले में दीपावली को लेकर उत्साह का माहौल है कल धनतेरस के अवसर पर खरीदारों की देर रात तक बाजारों में भीड रही झाबुआ में कल सुबह विजय स्तम्भ शहीद स्मारक पर जांबाज वीर शहीदों के नाम पर दीपक जलाये जाएंगे और उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी शाजापुर धार सीहोर खंडवा और बड़वानी सहित अन्य जिलों में भी रूप चतुर्दशी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है वहीं सतना के चित्रकूट में आज से पांच दिवसीय दीपावली अमावस्या मेला शुरू हुआ सीएम बधाई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्री नाथ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीपावली प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली लाये और सभी के सहयोग से मध्यप्रदेश समृद्ध प्रदेश बने मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज बादल छाये रहे

रीवा शहडोल सागर उज्जैन और ग्वालियर संभागों के जिलों का तापमान काफी गिरा है